कहा ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार करेगा संसद में आज आर्थिक सर्वेक्षण दो हजार बीस पेश

और निर्भया मामले को लेकर दोषियों को कल नहीं होगी फांसी

संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है संसद के केन्द्रीय कक्ष में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को ऐतिहासिक कानून बताया साउंड बाईट विभाजन के बाद बने माहौल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान के हिन्दू और सिख जो वहां नहीं रहना चाहते वो भारत आ सकते हैं पूज्य बापू के इस विचार का समर्थन करते हुए समय समय पर अनेक राष्ट्रीय नेताओं और राजनैतिक दलों ने भी इसे आगे बढ़ाया मुझे प्रसन्नता है कि संसेद के दोनों सदनों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून बनाकर उनकी इच्छा को पूरा किया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 साउंड बाईट मेरी सरकार का स्पष्ट मत है कि परस्पर चर्चा तथा वाद विवाद लोकतंत्र को और सशक्त बनाते हैं वहीं विरोध के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा समाज और देश को कमजोर करती है राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की जनता ने सरकार को नये भारत के निर्माण का जनादेश दिया है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 राष्ट्रपति ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से कहा कि उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि वे सबसे पहले देश के नागरिक हैं और उसके बाद किसी विशेष विचारधारा के नेता या समर्थक

राष्ट्रपति ने राम जन्मभूमि पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद परिपक्व व्यवहार करने पर भी देशवासियों की सराहना की

सर्वेक्षण में अगले वित्त वर्ष के दौरान देश की आर्थिक विकास दर छह से साढ़े छह प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है इसमें चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर पांच प्रतिशत रहने की बात कही गई है सर्वेक्षण में कहा गया है कि पांच ट्रिलियन डॉलर के अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने की प्रंजी औद्योगिक क्षेत्र का प्रदर्शन होगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा पेश किये गये आर्थिक सर्वेक्षण में देश में व्यापार के लिए वातावरण को सरल बनाने और अधिक सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया गया है

बजट सत्र का पहला चरण अगले महीने की ग्यारह तारीख को संपन्न होगा और दूसरा चरण दो मार्च से तीन अप्रैल तक चलेगा

इस दशक का भी यह प्रथम सत्र है हम सबका प्रयास रहना चाहिए कि इस सत्र में इस दशक के उज्जवल भविष्य के लिए मजबूत नींव डालने वाला यह सत्र बना रहे और मैं चाहता हूं कि दोनों सदन में आर्थिक विषयों पर एम्पावरमेंट ऑफ पीपुल के ऊपर बहत व्यापक चर्चा हो अधिक अच्छी चर्चा हो दिनों दिन हमारा चर्चा का स्तर अधिक समुद्ध होता चले निर्भया के दोषियों को अब कल फांसी नहीं होगी दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अगले आदेश तक डेथ वारंट पर रोक लगा दी है सुनवाई के दौरान दोषियों के वकील ने कहा कि अभी उनके पास कानूनी उपाय उपलब्ध हैं लगातार दूसरी बार दोषियों के फांसी टलने से निर्भया की मां ने कहा कि उनकी बेटी के साथ अपराध हुआ और सरकार बार बार उन्हें मुजरिमों के सामने झुका रही है उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी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 आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस सेवा के लिए साठ रुपए शुल्क लिया जाएगा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 संबंधित बैंकों को पेंशनधारकों को वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की याद दिलाते हुए प्रत्येक वर्ष चौबीस अक्टूबर एक नवम्बर पन्द्रह नवम्बर और पच्चीस नवम्बर को एसएमएस या ईमेल भेजने का निर्देश दिया गया है प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने से लोगों को ठंड से मामूली राहत मिली है आज सात डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ डिहरी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा गया का न्यूनतम तापमान सात दशमलव चार सबौर का दस और पटना का न्यूनतम तापमान दस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि अगले अड़तालीस घंटों के दौरान रात के तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी साथ ही सुबह और शाम के समय कोहरा छाया रहेगा विभाग ने अपने पूर्वानुमान में चार फरवरी को प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जतायी है सुपौल जिले की एक सत्र अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में छातापुर के तत्कालीन राजद विधायक योगेन्द्र नारायण सरदार समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के आठ जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं से आपूर्ति पदाधिकारी रामजी पासवान ने वितरण में गड़बड़ी पाये जाने पर स्पष्टीकरण मांगा है औरंगाबाद प्रलिस ने एक नक्सली को गिरफ्तार कर उसके पास से बीस लाख रूपये बरामद किये हैं शेखप्रा में विशेष न्यायाधीश एडीजे मोहम्मद दयाशूददीन ने एक शराब तस्कर को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया है वैशाली के पुलिस अधीक्षक गौरव मंगला के नेतृत्व में पुलिस ने हाजीपुर के दीघी कला पश्चिमी में छापेमारी के दौरान सात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है वहीं जिले के हाजीपुर में पुलिस ने तीन सौ ग्राम चरस के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है गया जिले के आंती थाना क्षेत्र के हसनपूर गांव के पास से पईन की खूदाई के दौरान चार केन बम बरामद हुए एसएसबी के बम निरोधक दस्ते ने बमों को निष्क्रिय कर दिया प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह की पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया श्री बाबू की कर्मभूमि बेगूसराय में भी उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया सासाराम सिविल कोर्ट से उम्रकैद की सजा सुनाये जाने के बाद एक कैदी पुलिस को चकमा देकर कोर्ट से फरार हो गया बेगूसराय जिले के नावकोठी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने समसा पंचायत की मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी

कहा ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार करेगा संसद में आज आर्थिक सर्वेक्षण दो हजार बीस पेश

और निर्भया मामले को लेकर दोषियों को कल नहीं होगी फांसी